विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम इस वर्ष का सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान देंगे इसे आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से प्रसारित किया जायेगा राज्य में अबतक पनचानबे हजार दो सौ आठ कोरोना संक्रमितों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से मिली छ्ट्टी आज राज्यभर में चलेगा विशेष जांच अभियान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

इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में सरदार बल्लभ भाई पटेल को श्रद्वांजलि देने के साथ ही स्टैच् ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता परेड में हिस्सा लिया सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी सीआईएसएफ और एनएसजी के जवानों ने परेड किया श्री मोदी ने उपस्थित लोगों को एकता के संकल्प की शपथ दिलायी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देशवासियों को सरदार की जयंती पर शुभकामनाएं दी उन्होंने कहा कि लौह पुरूष ने सभी रजवाड़ों को मिलाकर देश को एकता के सूत्र में बांधा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज सुबह नई दिल्ली में पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पृष्पांजलि अर्पित की

इस क्रम में आकाशवाणी अपने अभिलेखागार से प्राप्त लौह प्रुष के मुख्य भाषणों के अंश प्रस्तुत कर रहा है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम इस वर्ष का सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान देंगे इसे आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से प्रसारित किया जायेगा अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी व्याख्यान समारोह की अध्यक्षता करेंगे विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरण भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे देश के पहले सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में आकाशवाणी प्रति वर्ष सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान का आयोजन करता है अभी तक कई प्रख्यात राजनेता वैज्ञानिक और इतिहासकार यह व्याख्यान दे चुके हैं

राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है राज्य से कोरोना से ठीक होने वालों की दर तिरानबे दशमलव नौ नौ प्रतिशत हो गई है

अब तक स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या पनचानबे हजार से अधिक हो गई है पिछले चौबीस घंटों में तीन सौ तेईस कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं वहीं राज्य में अच्छी खबर यह है कि कोरोना से कल एक भी मरीज की मौत नहीं हई है कोरोना संकमण का चेन तोड़ने के लिए आज राज्यभर में विशेष जांच अभियान चलाया जायेगा

स्वास्थ्य विभाग एनएचएम के अभियान निदेशक रविशंकर ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेज कर इस संबंध में निर्देश दिया है त्यौहार के मौसम को देखते हुए विशेष सर्तकता अभियान चलाया जा रहा है पश्चिमी सिंहभूम जिले की पुलिस ने गोईलकेरा थाना क्षेत्र से भाकपा माओवादी के चार नक्सलियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार चारों नक्सली भाकपा माओवादी संगठन के अनमोल उर्फ सुशांत और सोगेन अंगरिया दस्ते के सक्रिय सदस्य हैं